मतदान सम्पन्न कराने के लिए मतदान दलों की रवानगी शुरू हो गई है

मतदान सुबह साढे सात बजे शुरू होकर शाम साढे पांच बजे तक चलेगा इस बीच आज इस चुनाव के लिए प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त पीएस मेहरा ने प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क के दौरान कोविड गाइड लाइन की पालना करने की अपील की है

कोविड संकट को लेकर ऋण स्थगन की योजना घोषित की गई थी सरकार ने निर्दिष्ट ऋण खातों में छह महीने के चकवुद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर की राशि का भुगतान करने को कहा है शिक्षा आवास वाहन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम ऋण पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण केडिट कार्ड बकाया तथा उपभोक्ता ऋण इस योजना के दायरे में आएंगे

वहीं देश में कोरोना संकमण के दस करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में टेस्ट बढ़ने से कोविड संकमण को कम करने में मदद मिली है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी विधायकों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना संकमण के लिए बेहतर प्रबंधन किया है

राज्य में अधिकांश स्थानों पर तापमान में गिरावट आने के साथ ही हल्की सर्दी का असर शुरू हो गया है